श्री मोदी ने कहा कि देश कड़े फैसले लेने पर विवश हो गया है और निगरानी जारी रखनी होगी संसद में वीडियो कॉन्फेंस के जरिये राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कई राज्यों की सरकारों जिला प्रशासनों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया है उन्होंने कहा कि इन बदलती परिस्थितियों में देश को अपनी कार्य संस्कृति और काम करने की शैली में बदलाव का प्रयास करना चाहिए

न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस संबंध में त्रंत आदेश जारी करने का निर्देश दिया है न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में महामारी को रोकने में गैर सरकारी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है न्यायमूर्ति अशोक भूषण और एस रविंद्र भाट की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए स्नवाई करते हए कहा कि कोरोना वायरस की जांच राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठन या भारतीय आय्र्विज्ञान अन्संधान परिषद दवारा अन्मोदित एजेंसियों में की जानी चाहिए

उन्होंने कहा कि यह ऐप महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराता है और जितने अधिक लोग इसका उपयोग करेंगे उतना ही इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा

इसका उपयोग कर लोग कोरोना से संक्रमित होने की आशंका का आकलन कर सकेंगे हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह ऐप द्सरे लोगों के साथ सम्पर्क के आधार पर संक्रमण के जोखिम का आकलन करता है

इसके द्वारा क्वारंटीन में रह रहे मरीज अपने स्वास्थ्य स्थिति की स्वंय रिपोर्ट दे सकेंगे ये मरीज इस एप के जरिये सहायता के लिए कॉल भी कर सकते हैं

कल तक ईटानगर से सबसे अधिक एक सौ दो नमूने एकत्र किए गए हैं इन नमूनों में से बानवे का परीक्षण निगेटिव है जबकि दस के रिपोर्ट आने बाकी हैं

श्री मीणा ने कहा कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय सड़कों के सभी प्रवेश द्वार को यह स्निश्चित करने के लिए सील कर दिया गया है कि लॉकडाऊन अवधि के दौरान जिले में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश न करे

जिसके तहत आज आकाशवाणी केन्द्र और द्रदर्शन केंद्र ईटानगर को भी सेनिटाईज किया गया